प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए बीस लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है

यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत है श्रीमोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज मुख्य रूप से भूमि श्रम नकदी और कानून पर केन्द्रित होगा पैकेज से कुटीर उद्योग सूक्ष्मं लघु और मझोले उद्यम श्रमिक मध्यम वर्ग उद्योगों सहित विभिनन वर्गों की जरूरतें पूरी होंगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रटना हारना मानव को कमजोर नहीं बल्कि हमें सतर्क रहते हुए बचना भी है और आगे भी बढना है

इन सुधारों में कृषि की आपूर्ति श्रृंखंला में सुधार कर प्रणाली को संगत बनाना साधारण और स्पष्ट कानून बनाना मानव संसाधन को सक्षम बनाना और मजबूत वित्तीय प्रणाली तैयार करना शामिल है इन सुधारों से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा निवेश आकर्षित होंगे और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रीमोदी ने कहा कि भारत के पास ऐसे संसाधन और ऐसी प्रतिभाएं हैं जो सर्वोत्तम उत्पााद तैयार कर सकते हैं गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित बना सकते हैं

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है श्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता के पांच आधार स्तंभ होंगे अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा तकनीक आधारित प्रणाली सशक्त जनसांख्यिकी और मांग प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन इसके कारण ठहराव की स्थिति जारी नहीं रखी जा सकती उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी का चौथा चरण अलग प्रकार का होगा और इसमें नये नियम लागू होंगे

भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंध फिक्की और भारतीय वाणिज्यं तथा उद्योग मंडल एसोचौम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित बीस लाख करोड रूपये के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है फिक्की अध्यक्ष डॉक्टय संगीता रेड्डी ने कहा कि फिक्की आत्मनिर्मर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने और इसके लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने में सहायता करेगा उन्होंने कहा कि अर्थव्य्वस्था बुनियादी ढांचा प्रणाली जन सांख्यिकी और मांग के पांच स्तम्भो को मजबत बनाने से भारत के लिए उच्च्तर वक्षि दर का मार्ग प्रशस्त होगा फिक्की के महासचिव दिलीप चिनाँय ने कहा कि यह संगठन भारतीय अर्थव्वस्था को पटरी पर लाने के लिए मिलकर काम करेगा एसोचौम महासचिव दीपक सूद ने देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापक दिशा तय करने के वास्ते आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यनक्त किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के जिन पांच स्तम्भों की बात की है उनसे भारत को भरोसेमंद वैश्विक ताकत बनने में मदद मिलेगी

कल आई रिपोर्ट में पहली बार पूर्वी सिंहभूम और लातेहार में कोरोना के केस मिले हैं

हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने इसकी पुष्टि करते हये बताया कि सभी कोरोना मरीजों को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बने क्वांरटीन सेंटर में रखा गया है

इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में दो कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रषासन ने आस पास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवागमन पर रोक लगा दी है

झारखंड में आज से दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट के साथ मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है इसे लेकर परिवहन सचिव के रविकमार ने कल आदेश जारी किया है इस नियम का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुकदमा किया जाएगा हेलमेट होने के बावजूद यह कार्रवाई होगी इसके अलावा बाइक चलाने वाले के पास हेलमेट नहीं होने की स्थिति में एक हजार रुपये का जूर्माना अतिरिक्त लगेगा परिवहन सचिव ने राज्य के सभी ट्रैफिक एसपी से लेकर डीटीओ तक को पत्र लिखकर इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है परिवहन सचिव के स्तर से जारी पत्र में सभी जिलों से नियमित तौर पर शाम पांच बजे तक इससे संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई है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

नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी इसकी जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आज से शुरू हो जाएगा उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के लिए प्रशिक्षण की तिथि तय कर दी है

इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने कल राज्य के सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर नामांकन के लिए कमेटी गठित करने नोडल अधिकारी और परीक्षा नियंत्रकों की सूची भेजने को कहा है रामगढ जिला प्रशासन द्वारा लॉक डाउन अवधि के दौरान छात्र छात्राओं को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉक डाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई

नगरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एयरलाइंस और हवाई अड्डों से इस संबंध में एक मसौदे पर सुझाव मांगे गए थे अब इन सुझावों की समीक्षा की जा रही है

सभी श्रमिकों की प्रारंभिक जांच के बाद होम क्वारंटीन के लिए निबंधन किया गया

पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि यह खबर फर्जी है